प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन पर स्वच्छ विश्व के लिए चार मंत्र दिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है

अपने सम्बोधन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एनटोमियो ग्तरस ने कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को एक अच्छी श्रद्वाजंलि होगी विदेश मंत्री स्षमा स्वराज ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बना गया है

श्री मोदी ने कहा कि यह हमारे लिये बापू के सपनों का साकार करने का महान अवसर है

उन्होंने कहा कि श्री शास्त्री सौभ्य व्यक्तित्व नेतृत्व और साहस के प्रतीक थे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भी महात्मा गांधी को श्रद्वाजंति दी उन्होंने कहा कि गांधी के संदेश आज भी सभी के लिए प्रांसगिक है और आज भी सही दिशा दिखा रहे है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहाद्र शास्त्री को श्रद्वाजलि देते हुए श्री कोविदं ने कहा कि य्ध्कालीन नेतृत्व और हरित क्रांति को आकार देने में दिया गया अहम योगदान आज भी पूरे देश के एक प्ररेणा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर श्रद्वास्मन अर्पित किए

उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में बहत बड़ा योगदान था और स्वच्छता उनके स्वभाव में थी गांधी जी के स्दर और स्वच्छ भारत का जो सप्ना देखा था उनकी सरकार उसी सपने को प्रा करने में लगी हई है उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में भारत सरकार के सवच्छता एंव पेयजल मंत्रालय ये हरियाणा को देश के सबसे स्वच्छ राज्य अवार्ड के लिए च्ना है प्रदेश के तीन जिले करनाल रेवाड़ी व ग्रूग्राम शीर्ष में है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से चार साल पहले देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का नारा देकर स्वच्छ भारत मिशन के श्रूआत की थी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता टास्क फोसै मिशन का गठन किया गया है और अनेक स्वच्छा गृही इसमें शामिल हए है पलवल के गांधी सेवा आश्रम में राष्ट्रपिता जयंती पर हवन यज्ञ किया गया

म्ख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला के नेतृत्व में गांधी जयंती के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई हरि नगर रोनिजा लोहगढ़ छज्जूनगर होसंगाबाद से लेकर रसूलपुर तक पद यात्रा निकाली गई पंचकूला के विधायक एवं मुख्य सचेतक ज्ञानचंद ग्प्ता ने जिले की आठ पंचायतों को स्वर्ण जयंती स्वचछता पुरस्कार से नवाज़ा उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए स्वच्छता व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं नामक अभियान चलाया गया

सोनीपत के हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की चेयरपर्सन कृष्णा गहलावत ने सब्जी मंडी से स्वयं झाड़ू लगाकर स्व्छता ही सेवा अभियान की श्रूआात की श्रीमती गहलावत ने कहा कि सभी लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान को प्रत्येक घर तक पहंचान है सोनीपत के उपाय्क्त विनय सिंह ने स्भाष स्टेडियम में कहा कि स्वच्छता का सीधा सम्बध स्वास्थ्य से है इसलिए स्वच्छता को गंभीरता से लें और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें

रोहतक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को भारत सरकार के मानव सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वच्छ कैम्पस रैकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुलपति प्रो विजेन्द्र कुमार पुनिया को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष कार्यक्रमत आज के दौर में गांधी का प्रसारण करेगा से एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से साढ़े दस बजे तक सुना जा सकता है केन्द्र ने देश में अगले चार वर्षो के दौरान पांच हजार कम्प्रेस्ट ंजैविक गैस संयंत्र लगाने की योजना बनाई है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि जैविक गैस संयंत्र में आने वाले समय का सबसे बड़ा ईंधन होगा उन्होंने टिकाऊ और वहन करने योग्य परिवहन पहल सतत की श्रूआत की

सोनीपत में आज सुबह निर्माणधीन कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर मंडोरा गांव की तरफ जाते समय एक गाड़ी द्र्घटनाग्रस्त हो गई जिससें दिल्ली के रहने वाले लगभग दस आदमी व महिलाएं सवार थे इनमें से चार की मौत हो गई है